इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह हनर हाट देश के दस्तकारों शिल्पकारों और कारीगरों को न केवल अवसर और बाजार उपलब्ध करायेगा बल्कि एक जिला एक उत्पाद योजना को नयी दिशा भी देगा उन्हॉने कहा कि यह हाट परम्परागत उद्योग और उससे जुड़े उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार के सहयोग से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इस हाट का आयोजन किया गया है जो चार फरवरी तक चलेगा राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हुनर हाट नामक इस मेले में कता व्यंजन और संस्कृति का अनूठा संगम है जो आत्मनिर्मर भारत की थीम पर आधारित है इस प्रदर्शनी में देशमर के विभिन्न कोनों से शिल्पियों और दस्तकारों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं को सजाया गया है

हुनर हाट में असम केरल महाराष्ट्र गुजरात पश्विम बंगाल मणिपुर तेलगाना कर्नाटक उड़ीसा मव्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा और पंजाब सहित अ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए हनर के उस्ताद प्रतिभाग कर रहे हैं हुनर हाट का उद्देश्य प्रतिभाशाली कलाकारों को प्लेटफार्म उपलब्ध कराना भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों के विश्वसनीय ब्राप्ड का निर्माण भारतीय धरोहर को बढ़ावा देने वाले कारीगरों और शिल्पकारों की उन्नति तथा उन्हें सशक्त बनाते हुए उनको लघु उद्यमी के रूप में विकसित करना है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के सेक्टर इक्कीस ए में नव निर्मित इनडोर स्टेडियम का आज ऑनलाइन लोकार्पण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लम्बे समय तक प्रदेश के खिलाड़ियों को संसाधनों का अभाव रहा है लेकिन वर्तमान सरकार खेल गतिविधियों को बढावा देने के लिये हर जरूरी कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि खेल हमारे भीतर टीम भावना का विकास करते हैं आज कोरोना महामारी के खिलाफ लडाई में अगर हम कुछ बेहतर करने में सफल हये हैं तो उसके पीछे टीम भावना ही है मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार अतिशीघ्र मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी यह प्रदेश में खिलाड़ियों की प्रतिभा को मंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा प्रदेश का कृषि विभाग एक फरवरी से तीन दिवसीय प्रधानमंत्री किसान समाधान दिवस का आयोजन करने जा रहा है जिसमें मृख्य रूप से आधार कार्ड से जुडी समस्याओं का निदान किया जायेगा अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने आज लखनऊ में बताया कि कार्यक्रम के लिये समी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है किसान समाधान दिवस में जिन किसानों का आधार नम्बर गलत होने के कारण या आधार क अनुसार नाम सही न होने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाम नही मिल रहा है वह एक से तीन फरवरी के बीच कार्यलय अवधि में विकास खण्ड पर जाकर अपना आधार कार्ड ठीक करा सकते हैं क्तज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेताजी की जयंती पर आज राष्ट्रपति भवन में उनके चित्र का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेताजी को श्रद्वांजलि देते हुये कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी में नेताजी के बलिदान और समर्पण को हमेशा याद रखेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में नेताजी की प्रतिमा पर प्षांजलि अर्पित की उन्होंने इस अक्सर पर लोगों से नेताजी के बताये मार्ग पर चलने की अपील की सुमाष चन्द्र बोस का जन्म आज ही के देदन अटठारह सौ सत्तानबे में ओडिसा कटक में हआ था उधर केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी पर वर्ष भर चलने वाले आयोजनों की योजना बनायी है शिक्षा मंत्रालय ने देश के पांच विश्वविद्यालयों में नेताजी से सम्बन्धित पीठ स्थापित करने की योजना तैयार की है सुचना और प्रसारण मंत्रालय का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम नेताजी के सपनों को साकार करने सम्बन्धी लघ् फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन करेगा दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी नेताजी के जीवन तथा कालखण्ड पर चर्चाओं वृत्त चित्रों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण किया जायेगा देश में अब तक तेरह लाख नबे हजार पांच सौ बानवे लोगों को कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है प्रदेश में कल कोविड टीकाकरण के दूसरे दिन एक लाख एक हजार छ स्वास्थ्यकर्मियों ने टीका लगवाया जबकि एक लाख पचपन हजार दो सौ सत्तर स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगवाने के लिये बुलाया गया था कल जिन स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया उन्हें अब दूसरा डोज उन्नीस फरवरी को दिया जायेगा प्रदेश में अगले सप्ताह दो दिन टीकाकरण होगा अटठाईस और उन्तीस जनवरी को होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम में डेढ़ डेढ़ लाख स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जायेगा